वे आज शिमला में पर्वतीय क्षेत्र में ट्रांसमिशन लाईनों के निर्माण में चुनौतियां विषय पर आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य ऊर्जा संचरण निगम प्रदेश में जल विद्यत परियोजनाओं के लिए ट्रांसमिशन प्रणाली को विकसित कर रहा है

मुख्यमंत्री ने वन वैली वन लाईन की ज़रूरत भी बताई इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री अनिल शर्मा ने कहा कि ऊर्जा उत्पादकों को प्रोत्साहित करने के लिए नई ऊर्जा नीति तैयार की गई है और सरकार उपभोक्ताओं को निर्बाघ विद्युत आपूर्ति प्रदान करने के लिए कृत संकल्प है केन्द्रीय मंत्री केन्द्रीय जनजातीय विकास राज्य मंत्री जसवंत सिंह भाभोर ने आज शिमला में मुख्यमंत्री जयराम ठाकूर सहित अन्य अधिकारियों के साथ एक बैठक की इस दौरान मुख्यमंत्री ने हाटी समुदाय को जनजातीय क्षेत्र घोषित करने और प्रदेश में एकलव्य विद्यालय खोलने का केन्द्रीय मंत्री से आग्रह किया जयराम ठाकुर ने जसवंत सिंह भामोर से पारंपरिक हितों के अन्य कई मुद्दों पर भी चर्चा की केन्द्रीय मंत्री ने राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के विकास को सुनिश्चित बनाने के लिए हर संभव सहायता देने का मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया एक्स रे ग्रामीण विकास मंत्री वीरेन्द्र कंवर ने ऊना ज़िले के बंगाणा अस्पताल में आज रंगीन डिजिटल एक्स रे मशीन सुविधा का श्भारंभ किया इस अवसर पर उन्होंने कहा कि निजी व सरकारी भागीदारी के तहत े लगाई गई े इस मशीन से क्षेत्र के हज़ारों लोग लाभान्वित होंगे उन्होंने कहा कि कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं इस मौके सांसद अनुराग ठाकुर ने केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा करवाए गए विकास कार्यों और जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी

इस संबंध में आज शिमला स्थित पार्टी कार्यालय में एक बैठक आयोजित की गई जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती ने की भाजपा प्रवक्ता शशि दत्त शर्मा ने कहा कि सम्मेलन में केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा और प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे सहित अन्य वरिष्ठ नेता कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करेंगे बैठक में शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सहजल व मुख्य सचेतक नरेंद्र बरागटा और सांसद वीरेंद्र कश्यप सहित अन्य पार्टी पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद रहे

साथ ही न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अंतिम प्रवेश अधिकतम सीमा निर्घारित करने के सीबीएसई के फैसले की वैधता से सबंधित मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगा उच्चतम न्यायालय ने नीट के लिए आवेदन की समय सीमा कल यानी शुक्रवार से एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दी है ज्ञापन हिमाचल प्रदेश हिंदू जागरण मंच ने अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के बारे में राज्यपाल आचार्य देवव्रत से भेंट कर उनके माध्यम से आज प्रधानमंत्री को एक ज्ञापन भेजा मंच के अध्यक्ष काश्मीर चंद सडयाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने ज्ञापन में प्रधानमंत्री से इस बारे में संसद में अध्यादेश लाकर मंदिर बनाने की दिशा में प्रयास करने का आग्रह किया है समिति प्रदेश विधानसभा की सामान्य विकास समिति इन दिनों सिरमौर सोलन ऊना चंबा कांगड़ा हमीरपुर और बिलासपुर जिलों के अध्ययन प्रवास पर है समिति के सदस्यों ने सोलन ज़िले में नालागढ़ के बेला मंडयापुर में सीवरेज प्लांट के लिए चयनित भूमि का निरीक्षण और भाखड़ा बांध का भ्रमण किया समिति ने ऊना में विभिन्न विभागों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं और कार्यों की जानकारी भी ली रैडकॉस चंबा के उपायुक्त हरिकेश मीणा ने आज ऐतिहासिक चौगान मैदान में जिला स्तरीय रैडकॉस मेले का शुभारंभ किया उन्होंने मेले में विभिन्न विभागों और संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन भी किया इस दौरान रैडकॉस सोसायटी द्वारा दिव्यांग बच्चों को व्हील चेयर भी प्रदान की गई